इस महीने द्रसरी बार आयोजित राज्य केबिनेट की बैठक के बारे में म्ख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि बैठक के दौरान दक्ष पारदर्शी और सक्षम गवर्नेस के अलावा त्वरित गति से विभिन्न मुद्दो पर निर्णय लेने पर चर्चा हई इससे पहले कल म्ख्यमंत्री ने वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला उपाय्क्तो और फील्ड अधिकारियों के साथ अरुणाचल ई प्रगति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हए राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति और केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाओ के प्रभावी अमल पर चर्चा की थी

उन्होंने स्थानीय लोगो और राज्य प्लिस के साथ सैन्य बलो के बेहतर समन्वय के लिए उनकी प्रशंसा की राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के य्वाओ को सैन्य बलों में भर्ती के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने की नीति के लिए सी डी एस बिपिन रावत के प्रति आभार जताया राज्यपाल ने श्री रावत को आगामी चौहद फरवरी को तवांग में मेजर रालेंगनाओ बॉब खाथिंग मेमोरियल की स्थापना के लिए शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों से अवगत कराया

उन्होंने म्ख्यमंत्री को रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य अरुणाचल प्रदेश के य्वाओ की अपार क्षमता को विकसित करने के लिए राज्य में एन सी सी की इंडिपेंडेंट ग्र्प हेडक्वार्टर्स की स्थापना का सुझाव दिया उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में एन सी सी के आठ ग्र्प हेडक्वार्टर्स है पर उनमे से एक भी अरुणाचल में नही है ए डी जी भ्या ने बताया कि पाप्मपारे जिले के बालिजान में एन सी सी अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव है उन्होंने राज्य सरकार से एन सी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए सेना और अन्य सैन्यबलों की तरह विशेष रुप से राज्य प्लिस में रोजगार के प्रावधान का आग्रह किया इस अवसर म्ख्यमंत्री पेमा खांड् ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही नोडल विभागो को सरकारी नौकरी में प्रशिक्षित एन सी सी कैडेट्स की भर्ती के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है इधर एन सी सी के ए डी जी अनंत भ्या ने आज ईटानगर राजधानी श्रेत्र के पाप् नालाह में एन सी सी कैडेट्स और अधिकारियो से बातचीत की संवाददाताओ से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में एन सी सी की गतिविधियो को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जाएंगे श्री भ्या ने कहा कि प्रदेश के और विद्यालयों में एन सी सी श्रु करने की योजना है

इस अवसर पर श्री फास्सांग ने कामगारो से उनके परेशानियो के निवारण के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मियो और अन्य स्टफो के शिकायतो को स्लझाने के एक समिति गठित किया जाएगा श्री फास्सांग ने बताया की आई एम सी टीम म्ख्य मंत्री पेमा खांड् और उपम्ख्यमंत्री चाऊना मैन से जल्द म्लाकात कर आई एम सी स्टाफ्स की शिकायतो को उनतक पहचाऐंगे

उन्होंने म्ख्यमंत्री को बताया कि हॉकी खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए कम उम्र के बच्चों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित करना जरुरी है बैठक के दौरान म्ख्यमंत्री ने राज्य में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया

कोविड रिकवरी दर निन्यानबे दमलव छह चार प्रतिशत है राज्य भर से कोविड जांच के लिए बुधवार को तास सौ सौवन सैंपल एकत्र किए गए

कल नागरिक आप्र्ति मंत्री कामलूंग मोसांग के साथ विजोयनगर के दौरे पर पहचें श्री लिबांग ने कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रो मे पर्याप्त मेडिसिन स्टॉक और आवश्यक चिकित्सा उपकरणो की उपलब्धता स्निश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जरुरी कदम उठाया है